राष्ट्रपति भवन की विज्ञप्ति में बताया गया है कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को उत्तर प्रदेश की नई राज्यपाल बनाया गया है बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है फागू चौहान लालजी टंडन की जगह बिहार के नए राज्यपाल होंगे जगदीप धनकड़ पश्चिम बंगाल के तथा रमेश बैस त्रिपुरा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं आर एन रवि नगालैंड के नए राज्यपाल होंगे विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये नियुक्तियां कार्यालयों का प्रभार संभालने की तारीख से प्रभावी होंगी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद तथा संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए बेहतर वैश्विक प्रयास का आह्वान किया है परिषद ने ऐसे खतरों को पहचानने तथा समाप्त करने के लिए साथ मिलकर काम करने की अपील की है सुरक्षा परिषद ने कल पेरू मसौदा प्रस्ताव को सर्वसम्मतिसे पारित किया इस प्रस्ताव में आतंकी ग्टों और संगठित अपराध नेटवर्क के बीच संपर्को की जांच करने और उसे छिन्न भिन्न करने के प्रयासों के लिए देशों के बीच और अधिक सहयोग तथा समन्वय का आह्वान किया गया है प्रस्ताव में राज्यों से कहा गया है कि ये सभी स्तर पर प्रयासों में समन्वय बढ़ाएं इसमें यह भी कहा गया है कि देश धनशोधन भ्रष्टाचार और रिश्वत जैसे मामलों के संबंध में राष्ट्रीय कानून के अनुरूप संगठित अपराध नेटवर्क की जांच कर उन्हें नष्ट करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की अट्ठाईस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे मन की बात सवेरे ग्यारह बजे से प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात कार्यक्रम की यह दूसरी कड़ी होगी कार्यक्रम की पिछली कड़ी में श्री मोदी ने लोकतंत्र के महत्व का उल्लेख किया था प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत गौरव के साथ दावा कर सकता है कि लोकतंत्र इसकी संस्कृति में निहित है और इसकी विरासत का हिस्सा है हमें जो बहुमूल्य लोकतंत्र मिला है उसे हम बहुत आसानीसे ग्रांटीड मान लेते हैं

इस लोकतंत्र को हमारी रगों में जगह मिली है सदियों की साधना से पीढ़ीदर पीढ़ी के संस्कारों से हैं एक विशाल व्यापक मन की अवस्था से है रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने करगिल विजय के बीस वर्ष पूरे होने पर द्रास में करगिल युद्व स्मारक पर आज शहीद सैनिकोंको श्रद्वांजलि अर्पित की करगिल विजय दिवस के बीस वर्ष पूरे होने पर सप्ताह भर का आयोजन किया जा रहा है रक्षामंत्री ने द्रास में आगंत्क पूस्तिका पर हस्ताक्षर भी किए पुस्तिका में अपने संदेश में राजनाथ सिंह ने लिखा कि इस ऐतिहासिक मौके पर वे करगिल युद्व के सभी योद्वाओं को नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया शहीदों का उत्साह और पराक्रम आज सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा है राजनाथ सिंह सैनिकों से भी मिले और चीन के साथ लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति की समीक्षा की केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की न्यू इंडिया की परिकल्पना को साकार करने के लिए वैज्ञानिकों को सामाजिक दायित्व निभाना चाहिए वे आज हैदराबाद में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सी एस आई आर के प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों और अधिकारियोंको संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों को लीक से हटकर काम करना होगा दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस की नेता शीला दीक्षित का आज अपरान्ह चार बजे दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया वह पिछले क्छ दिनों से बीमार चल रहीं थी और अस्पताल में भी भर्ती थीं श्रीमती दीक्षित उन्नीस सौ चौरासी से उन्नीस सौ नवासी तक कन्नौज से सांसद भी रह चुकी थीं वह संयुक्त राष्ट्र में महिलाओं के आयोग में भारत की प्रतिनिधि भी रहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वैकेया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गृह मंत्री अमित शाह रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं कॉग्रेस नेता राहुल गांधी श्रीमती दीक्षित के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का एक दल भूमि विवाद में अनुसूचित जनजाति के दस लोगों के मारे जाने की घटना की जांच के लिए सोमवार को सोनमद्र जिले में जाएगा

यह दल जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी करेगा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज से पार्टी सदस्यता अभियान के तहत बूथ चलो अभियान गुरु कर रही है राज्य स्तर के अधिकारी राज्य सरकार के मंत्री जिला और मंडल स्तर के अधिकारियों सहित पार्टी के विभिन्न नेता इस अभियान में भाग लेंगे प्रदेश सदस्यता अभियान प्रभारी जेपीएस राठौर ने बताया कि अभियान आज कल और सत्ताईस तथा अट्ठाईस जुलाई को चलाया जाएगा